और राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में ठंड में बढ़ोत्तरी जारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर आरोप लगाया है कि वे नागरिकता अधिनियम को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं झारखंड के दुमका में आज एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे देश के कुछ भागों में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही है

हो हल्ला मचा रहे हैं तुकान खड़ा कर रहे हैं और उनकी बात चलती नहीं है तो आगजनी फैला रहे हैं जहां भी मौका मिले यही कर रहे हैं और भाजपा का विरोध करते करते इन लोगों को देश का विरोध करने की आदत हो गयी है प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश से भाग कर आए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देने के लिए संसद के दोनों सदनों में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया गया है उन्होंने कहा कि यह लोग अबतक शरणार्थी की तरह रह रहे थे

वो अलग धर्म का पालन करते थे

उनका जिना मुश्किल हो गया ये तीन देशों से हिन्द्र इसाई शिख पारसी जैन बौद्ध उनको वहां से अपना गांव घर परिवार दोस्त यार सब कुछ छोड़ करके भारत में भाग करके यहां शरणार्थी की जिंदगी जिने के लिये मजबूर होना उनके जीवन को सुधारने के लिये इन गरीदों के प्रति सेवा भाव से उनको सम्मान मिले इसलिए भारत की दोनों सदनों ने भारी बहुमत से इन गरीवों के लिये निर्णय किया नागरिकता का निर्णय किया उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद और कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि नागरिकता कानून के बहाने ये दोनों पार्टियां प्रदेश के लोगों को गुमराह कर अशांति फैलाने की कोशिश कर रही हैं श्री मोदी ने कहा कि बिहार में शरणार्थियों की कोई समस्या नहीं होने के बावजूद कुछ पार्टियां सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रही हैं कटिहार हावड़ा रेलखंड के हरीशचंद्रपुर स्टेशन पर नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी के विरोध में असमाजिक तत्वों की ओर से तोड़ फोड़ और आगजनी के कारण एक दर्जन महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि हावड़ा की ओर जानेवाले सैंकड़ो यात्री कटिहार जंक्शन पर फंसे हैं वाहनों से टोल टैक्स वसूलने के लिए फास्टैग यानी प्रीपेड टोल की स्वचालित भुगतान व्यवस्था आज सुबह से लागू हो गई है यह सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने इसके लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रह प्रणाली लागू की है फास्टैग में रेडियो तरंगों के जरिये वाहन की पहचान होती है और चलते वाहन से सीधे टोल टैक्स का भुगतान हो जाता है यदि कोई चालक फास्टैग के बिना इलेक्ट्रॉनिक पथकर लेन में चला जाता है तो उसे दोगुने शुल्क का भुगतान करना होगा प्राधिकरण के मुख्य महाप्रबंधक अमरेन्द्र कुमार ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में बताया कि ये प्रणाली सुचारू रूप से काम कर रही है उन्होंने बताया कि टोल प्लाजा पर भुगतान करने के लिए लोगों को अब अपने वाहन रोकने नहीं पड़ेंगे

जिस गाडियों में फास्टैग लगी हुई है वह निर्वाघ गति से फास्ट लेन का यूज करें और बिना रुके आगे जा सकते हैं इससे उनके समय ईंधन और पॉल्यूशन की भी कमी होगी कुछ व्हीकल अभी भी फास्टैग नहीं लगा पाए हैं उनकी सुविघा के लिए पच्चीस परसेंट लेन हाइब्रिड रखा गया है और आशा की जाती है कि तीस दिन के अंदर वह भी फास्टैग लगा लेंगे राज्य में पैक्स चुनाव के चौथे चरण का मतदान आज छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हो गया विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि मतदान में हिस्सा लेने के लिए सुबह से ही वोटरों में खासा उत्साह देखा गया प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेंपट्टी ने सही सूचना के प्रसार के लिए डायरेक्ट टू मोबाइल जैसी प्रौद्योगिकियों में प्रगति का लाभ उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है वह आज भावी प्रसारण डायरेक्ट टू मोबाइल के बारे में हैदराबाद में आयोजित एक सम्मेलन में बोल रहे थे उन्होंने प्रसारकों से मोबाइल के माध्यम से लोगों तक पहुंचने पर भी अपना ध्यान केन्द्रित करने को कहा बाईट राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पास लोगों के मोबाइल फोन पर कभी भी कहीं भी सीधे संदेश प्रसारित करने की योग्यता हो इसके अलावा मनोरंजन और खेलों के प्रति लोगों के रुझान को देखते हुए ये योग्यता और तकनीक क्षेत्रवार विकसित किए जाने की आवश्यकता है और इसे बहुत तेजी से विकसित करना होगा क्योंकि उपभोक्ता बड़ी तेजी से नई तकनीक अपना रहे हैं इसलिए हमें उपभोक्ता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पहले से तैयार रहना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज उनकी पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने ट्वीट में कहा कि राष्ट्र के प्रति सरदार पटेल की अभूतपूर्व सेवा से लोगों को हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी गृहमंत्री अमित शाह ने भी सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है अपने ट्वीट संदेश में श्री शाह ने कहा कि एक संगठित और अखंड भारत के लिए श्री पटेल का संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है गृहमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल के आदर्शों और सशक्त नेतृत्व से प्रेरित होकर केन्द्र सरकार ने पिछले पांच वर्षों में भ्रष्टाचार जातिवाद और तुष्टिकरण को समाप्त कर सुरक्षित और सशक्त भारत का निर्माण किया है आयकर विभाग ने आज कहा कि स्थायी खाता संख्या पैन को इस महीने के आखिर तक आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य है विभाग के अनुसार इससे आयकर सेवाओं का लाभ बिना किसी बाधा के आसानी से मिल सकेगा आयकर विभाग ने पैन और आधार को जोड़ने के लिए एसएमएस आधारित सुविधा भी दी है कश्मीर और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी के कारण राजधानी पटना सहित प्रदेश में ठंड में वृद्धि जारी है प्रदेश में पिछले दो तीन दिनों से हो रही छिटपुट बारिश से भी ठंड में बढ़ोतरी हुई है मौसम विभाग ने प्रदेश में सोलह दिसंबर तक चक्रवाती हवाओं का प्रभाव बने रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है भागलपुर जिले का सबौर आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान ग्यारह दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया अरवल बक्सर रोहतास और औरंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है खलिहान में धान की फसल बर्बाद हो रही है वहीं गेहूँ की बुआई भी प्रभावित हुई है इधर रेलवे ने कोहरे के दौरान ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन को लेकर इकतीस जनवरी तक बारह जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है पटना विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है उल्लेखनीय है कि इस मामले के एक आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है जबकि दो आरोपियों ने स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणी मिश्रा ने आज मुजफ्फरपुर में नगर डीएसपी और थानाध्यक्ष से दुष्कर्म पीड़िता के बारे में जानकारी प्राप्त की श्रीमती मिश्रा ने इस मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की भी मांग की अररिया जिले के सिमराहा थाना क्षेत्र के औराही और अररिया प्रखंड के बोची गांव में अचानक लगी आग में एक दर्जन फूस के घर जल कर राख हो गये पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में सड़क सुरक्षा के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा मैराथन का आयोजन किया गया पूर्णियां जिला के केहाट थाना में पुलिस ने छापेमारी कर एक अंर्तजिला मोटरसाइकिल चोर गिरोह के तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है

और राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में ठंड में बढ़ोत्तरी जारी